मुख्यमंत्री आज भोपाल में स्वास्थ्य आग्रह कार्यक्रम शामिल होंगे

इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देशभर में साढे दस बजे वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से पार्टी कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करेंगे भाजपा अध्यक्ष जेपी नडु भी कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करेंगे इस अवसर पर देशभर में विभिन्न मतदान केन्द्रों पर अनेक गतिविधिया आयोजित की जाएगी भाजपा कार्यकर्ता पार्टी की नीतियों और नरेन्द्र मोदी सरकार के विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों के बारे में चर्चा करेंगे

इस दौरान वे वीडियो काफ्रेंस के माध्यम से चिकित्सा विशेषज्ञों धर्मगुरुओं जनप्रतिनिधियों सामाजिक संगठनों मंत्रिमंडल के सहयोगियों मीडिया तथा अन्य लोगों से कोरोना के बारे में चर्चा करेंगे गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में कोरोना के खिलाफ बड़े पैमाने पर जन जागरूकता अभियान की श्रुआत की है

वालंटियर अपने क्षेत्र में मास्क लगाने और वैक्सीनेशन स्थल और चिन्हित अस्पतालों में व्यवस्था बनाने में सहयोग करेंगे प्रदेश कोरोना प्रदेश में कोरोना संकमण से बचाव के लिये तमाम एहतियाती उपाय किये जा रहे हैं उज्जैन के महाकालेश्वर मन्दिर स्थित नन्दी हॉल प्रवचन हॉल द्वार के क्षेत्र और महाकाल मन्दिर प्रांगण में आवाजाही दर्शनार्थियों के लिये प्रतिबंधित कर दी गई है

बैतूल में स्वास्थ्य संचालक ने कल कोविड वार्ड का निरीक्षण किया और कोविड टेस्ट केंद्र पंहुचकर टेस्टिंग प्रक्रिया देखी

रायसेन में कलेक्टर ने वैक्सीनेशन कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए है खंडवा में लोगों से मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलने की अपील की गयी है

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों को पत्र लिखा है

इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक पत्र में कहा था कि स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मियों के लिए कोविड टीकाकरण का कोई नया पंजीकरण नहीं होगा

इस वर्ष कोविड महामारी के कारण बातचीत को वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जाएगा कल एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह चर्चा एक नए प्रारूप में होगी जिसमें कई दिलचस्प विषयों पर सवाल होंगे मौसम प्रदेश में अप्रैल माह की शुरूआत से ही गर्मी के तेवर तीखे हो गए हैं मौसम विभाग के अनुसार हवाओं का रूख उत्तर दिशा से बदलकर दक्षिण होने से तापमान में अचानक बढ़ोतरी हुई है मौसम केन्द्र ने आगामी दिनों में भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों में लू चलने की संभावना भी बताई है

चर्चा में कोविड से निपटने में समाज को जागरूक बनाने में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाएगा

अन्न उत्सव कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों की उपस्थित में खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा

नमस्कार